शिमला का पोर्टमोर स्कूल होगा छात्रा शिक्षा के प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के धर्मशाला दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी लाभार्थी सम्मेलन मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सुन्नी क्षेत्र के चाबा में शिमला शहर के लिए शिमला उठाउ पेयजल आपूर्ति योजना के संवर्धन की आधारशिला रखी

ये योजना अगले वर्ष अप्रैल तक पूरी की जाएगी जिससे शिमला में खास कर गर्मियों में पानी की समस्या का समाधान हो जाने की उम्मीद है

मुख्यमंत्री ने सुन्नी में खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय खोलने की भी घोषणा की उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम ग्रामीण सप्ताह में दो दिन सुन्नी में बैठेंगे शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज सांसद वीरेन्द्र कश्यप और स्थानीय विधायक विक्रमादित्य सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे

विपिन परमार आज शिमला में आयुष्मान भारत योजना के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए हैल्प एण्ड वैलनेस सेंटर को क्रियान्वित करने के लिए आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे

उन्होंने कहा कि जो लोग इस योजना के तहत नहीं आएंगे उन्हें हिम केयर योजना के तहत कवर किया जाएगा

सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिले में कसौली विधानसभा क्षेत्र की काबाकलां व नेरीकलां बस्तियों के लिए उठाउ जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखने के बाद एक जनसभा में आज ये बात कही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ब्रिक्स द्वारा वित्त पोषित सौ मिलियन डॉलर की एक योजना लागू कर रही है

वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कार्निवल को लेकर कुल्लू में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बार विंटर कार्निवल नए रंग में दिखेगा और इसमें कई नई गतिविधियां जोड़ी जाएगी इनमें स्कींग व स्नो बोर्डिंग की पांच स्पर्धाएं शामिल हैं

जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार शिमला के पोर्टमोर स्कूल को छात्रा शिक्षा के लिए प्रमुख संस्थान के रूप में विकसित करेगी मुख्यमंत्री आज स्कूल के वार्षिक समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने इस मौके पर स्कूल में आधुनिक पुस्तकालय बहुउदेशीय जिम्नेज़ियम और माँ सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण भी किया उन्होंने स्कूल की मेधावी छात्राओं को सम्मानित भी किया

गृहणी सुविधा प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी हिमाचल गृहणी सुविधा योजना जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति के लोगों के लिए लगातार मददगार साबित हो रही है भौगोलिक दृष्टि से कठिन इस ज़िले में गृहणी सुविधा योजना के तहत अभी तक दो सौ पात्र परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाये जा चुके हैं

चौधरी ने इस मौके पर पंचायती राज प्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करें जिनके पास अमी तक गैस कनेक्शन नहीं है इस मौके पर ज़िला पंचायत प्रधान संघ के अध्यक्ष सत्यप्रकाश ने कहा कि हिमाचल गृहणी सुविधा योजना आने के बाद जिले के पात्र परिवार बड़ी संख्या में इस योजना से जुड़कर चुल्हे के ध्यएं से छुटकारा पा रहे हैं योजना के लाभार्थी भी गैस कनेक्शन पाकर जहां राहत महसूस कर रहे हैं वहीं प्रदेश सरकार का भी आभार जता रहे हैं

खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला में एक पत्रकारवार्ता में ये जानकारी देते हुए कहा कि इस दौरान प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने के अलावा अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है किश्न कप्र ने बताया कि प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान प्रदेश सरकार की एक साल की उपलब्यिों पर बनाई गई लघु फिल्म भी देखेंगे

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कुरियाला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में प्रदेशभर से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी भाग लेंगे उन्होंने कहा कि लाभार्थी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लाभार्थियों से आमने सामने बातचीत करेंगे वीरेन्द्र कंवर ने दावा किया कि प्रदेश सरकार को एक साल के कार्यकाल के दौरान गांव गरीब और पिछड़ा वर्ग सहित समाज के हर समुदाय से अपार जन समर्थन मिला है अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार में आपसी तालमेल की कमी है और सरकार में मंत्री खुश नहीं है अग्निहोत्री ने आज हरोली के कांगड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य भवन के उदघाटन अवसर पर कहा कि सरकार के कई मंत्री अपनी उपेक्षा को लेकर नाराज हैं उन्होंने ये भी कहा कि एक साल में ही भाजपा सरकार में जिस तरह के बगावती सुर उठ रहे हैं वह आने वाले समय में सरकार पर भारी पडेंगे बिंदल स्वयंसेवी सहायता समूहों के उत्पादों पर आधारित चार दिवसीय मेला आज नाहन के चौगान मैदान में आरम्भ हुआ राष्ट्रीय ग्रमीण आजीविका मिशन के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा आयोजित इस मेले का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शुभारम्भ किया

बिंदल ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों को उदार ऋण और अनुदान उपलब्ध करवा रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सके हुंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा है कि यदि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नही है चुराह विधानसभा क्षेत्र के सेईकोठी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक समारोह में बोलते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि जरूरत इस बात कि है कि अध्यापक प्रतिबद्धता और पूरी लगन के साथ अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करे हंसराज ने कहा कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के इस दौर में विद्यार्थियों को स्कूली जीवन से ही दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत के गुणों को आत्मसात कर लेना चाहिए